कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं चाहें वो कृषि कानूनों के बारे में हो नागरिकता संशोधन कानून के बारे में हो या श्रम कानून के बारे में हो

उन्होंने कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है

इधर राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के इस आदेश में केन्द्र सरकार के कमर्चारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें मास्क पहने बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें

प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में एसोसिएशन ने यह भी आग्रह किया है कि सार्वजनिक स्थानों और बड़े समारोहों में प्रवेश के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए भारत द्वारा उठाये कदमों की पूरी द्निया सराहना करता है

मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने आज इस मामले पर ॅसुनवाई के दौरान कहा कि सरकार ने इसे प्राथमिकता नहीं दी सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हुए अदालत ने मुख्य सचिव से कहा कि अभी रांची के सभी अस्पतालों में बेड फ़ल हो गये हैं और कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है मुख्य सचिव होने के नाते राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी आपकी है अदालत ने इस अस्पताल में पांच सौ बेड शुरू करने को कहा था लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से चालू नहीं हो सका मामले में अगली सुनवाई तेरह अप्रैल को होगी राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने राजधानी रांची में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले को लेकर सभी चौक चौराहों पर सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कमार झा को दिया है उड़नदस्ता दल बनाने और बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है उधर कोरोना संक्रमण को लेकर दुमका जिला में निषेधाज्ञा लगा दी गई है इस सिलसिले में आज उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अधिकारियों और पुलिस जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च किया इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले दो दुकानों को सील कर दिया गया उपायुक्त ने कहा कि द्वकानदारों से कहा कि बिना मास्क के लोगों को दकान मे प्रवेश न दें और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करें पलामू में भी कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए उपायुक्त शशि रंजन ने आज मेडिक कॉलेज और अस्पताल में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को पर्याप्त बेड की व्यवस्था एवं साफ सफाई के संबंध में निर्देश दिए

गुमला जिले में भी आज उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जिलास्तरीय कार्यबल की बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम को लेकर विचार विमर्श हुआ उपायुक्त ने समुचित सघन निगरानी कनटेन्मेंट जोन के निर्माण कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जांच तथा संक्रमितों उपचार के लिए पुख्ता व्यवस्था करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया राजधानी रांची के जिला स्कूल में आठ विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मैट्रिक और इंटर बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा स्थगित कर दी गई है वहीं अगले आदेश तक विद्यार्थियों के स्कूल आने पर भी रोक लगा दी गई है डोरंडा स्थित सेंट एंथोनी स्कूल के छह छात्र और शिक्षक और डीएवी बरियातू में दो शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इससे पहले बिशप वेस्टकोट गर्ल्स स्कूल नामकुम में सोलह कर्मी और बुंडू में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पच्चीस छात्राएं एकसाथ पॉजिटिव पाई गई थी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कल सुबह दस बजे बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई बैंक ने अपनी पिछली द्विमासिक मौद्रिक नीति में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था

श्री नायडु आज गुजरात के दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक पर समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक रूप से लोग एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं लेकिन सभी भारतीय ही हैं और सबको मिलकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बारह मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया था

श्री उरांव बिहार में छोटानागपुर संथालपरगना कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर पेसा कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई थी श्री उरांव भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे

राजनीति में आने के बाद उन्होंने सिसई विधानसभा क्षेत्र का चार बार प्रतिनिधित्व किया था चतरा जिले के राजपूर थाना क्षेत्र स्थित टिकवा पत्थर मोड़ के समीप से पूलिस ने लगभग साढ़े चार सौ ग्राम ँ अवैध नशीला पदार्थ के साथ अंतराज्यीय तस्कर गिरोद के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को ड्रग माफियाओं के खिलाफ यह सफलता मिली है इनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी तस्करों से बरामद बरामद ब्राउन शुगर की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत तैंतालीस लाख रुपए आंकी गई है रामगढ़ जिले में अधिवक्ता अजय महतो की हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अधिवक्ताओं ने आज सड़क पर प्रदर्शन किया तीन अप्रैल को हई इस हत्या के बाद से अधिवक्ता लगातार न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते आ रहे हैं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कल तक आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम सात बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे यह कार्यक्रम कोविड महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वर्चअल माध्यम में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बिना किसी तनाव के परीक्षा देने और परीक्षा में शामिल होने के लिए विचार और सुझाव साझा करेंगे

जबकि रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में दस लाख पचास हजार छात्रों दो लाख साठ हजार शिक्षकों और बानबे हजार अभिभावकों ने भाग लिया है यह पहला मौका है जब इक्यासी देशों के छात्रों ने रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया है और अब संक्षिप्त खबरें रांची विश्वविद्यालय में कल से स्नातक और स्नातकोत्तर की सभी कक्षायें ऑनलाइन होंगी बिना मास्क के किसी को भी विश्वविद्यालय में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी कोरोना के बढ़ रहे मामले को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैसला किया है धनबाद जिले के गल्फरबाड़ी इलाके से अवैध कोयला के साथ दो आरोपियों को आज गिरफ्तार किया कोयले को कुमारधुबी से मुगमा की ओर एक वाहन में ले जाया जा रहा था